इस दौरान मंत्रिमण्डल सदस्यों ने जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर ज़िले के पच्छाद सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी सदर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने चम्बा ज़िले के डलहौजी और शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने किन्नौर ज़िले के सांगला में कार्यक्रम की अध्यक्षता की कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने केलंग स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कुल्लू ज़िले के बंजार ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के कुटलैहड़ जबकि परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने धर्मशाला में जनसमस्याएं सुनीं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कसौली विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने हमीरपुर के भोरंज राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने बिलासपुर के झण्डुता जबकि मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने शिमला ज़िले के रोहडू में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की स्केटिंग मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि शिमला को वर्ष भर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आईस स्केटिंग स्पर्धाओं की मेज़बानी करने और पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाया जाएगा वे कल शाम नीदरलैंड के एमस्टरडैम में आईस स्केटिंग और आईस वर्ल्ड के निदेशक विश्वराज जडेजा से भेंट के दौरान बोल रहे थे उन्होंने शिमला आईस स्केटिंग रिंक के विकास की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी व निजी सहभागिता से विकसित किया जाएगा इसके बाद मुख्यमंत्री ने बायो आईएनसी के प्रतिनिधियों से भेंट कर प्रदेश में बायोटेक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा की

नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं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

कांग्रेस शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज शिमला शहरी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से मौजूद रहे सम्मेलन में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा हुई और सराहनीय कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया क्लदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव परिणामों से हताश न होने की सलाह देते हुए संगठन की मज़बूती के लिए एकजुट होकर कार्य करते रहने का आहवान किया आग ऊना ज़िले में हरोली के घालूवाल में आज एक अग्निकाण्ड में प्रवासी मज़दूरों की करीब सौ झुग्गियां जलकर राख हो गईं हमारे प्रतिनिधि के अनुसार तेज हवाओं के बीच आग तेजी से फैली और क्छ ही देर में सारी झुग्गियां राख हो गईं

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है

प्रदेश के विभिन्न भागों में योग दिवस को खास बनाने के लिए पूर्वाभ्यास करवाए जा रहे हैं आयुर्वेद विभाग द्वारा सोलन ज़िले में स्कूली बच्चों को योग क्रियाएं सिखाने के साथ साथ योग का महत्व समझाया जा रहा है ज़िला आयुर्वेद अधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में लोग बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं

इसके माध्यम से स्कूली बच्चों आम लोगों और शिमला घूमने आए पर्यटकों ने ज्ञान अर्जन किया अभिलेखागार के तकनीकी अधिकारी देवेन्द्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता की जयंती के उपलक्ष्य में आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे